मुख्यमंत्री आज मंडी ज़िले के सिराज क्षेत्र के बगश्याड़ में पोषाहार सप्ताह के अवसर पर आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिला मंडलों व पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने माता व शिश् के बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ पोषाहार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों महिला मंडलों और पंचायतीराज प्रतिनिधियों को शपथ भी दिलाई उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से सकिय सहयोग का आहवान किया मुख्यमंत्री ने बगश्याड़ में विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिलाएं भी रखीं उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए गिम्भर राम और गुरू शिष्य परंपरा योजना के तहत लकड़ी की नक्काशी के लिए सिराज के इंद्र सिंह को सम्मानित भी किया

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि रासायनिक और जैविक कृषि का बेहतर विकल्प तो है ही साथ ही ये प्रणाली सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक व पर्यावरण मित्र भी है

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि कई अन्य मायनों में भी सुरक्षित है उन्होंने कहा रासायनिक और जैविक खेती का पुराना चलन मौजूदा समय में उचित नहीं है ये दोनों ही विधियां खर्चीली और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाली है उन्होंने इस मौके पर युवाओं से दुर्व्यसनों से भी दूर रहने का आहवान किया खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने भी शिविर को संबोधित किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों के साथ सरकार का सीधा संवाद स्थापित हो रहा है ऊना ज़िला की कोटला कलां अप्पर पंचायत में जन समस्याएं सुनने के मौके पर उन्होंने कहा कि जनमंच पूर्व प्राप्त शिकायतों का अधिकारी जहां ई समाधान के माध्यम से हल कर रहे हैं वहीं जनमंच के दिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जनमंच आज प्रदेश सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्यकम बन गया है उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी की रेखा की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है

घायलों में पांच की हालत गंभीर है जिन्हें उपचार के लिए सोलन लाया गया है एक घायल का उपचार आईजीएमसी शिमला में किया जा रहा है शेष घायलों का धर्मपुर में ही ईलाज किया जा रहा है घटना की सूचना मिलते ही एसपीसोलन मध् सूदन शर्मा राहत व बचाव दल के साथ घटना स्थल पर पहंचे और घायलों को अस्पताल पहंचाया इस द्र्घटना के कारण धर्मपुर कसौली मार्ग पर कई घंटे यातायात बाधित रहा इस बीच सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जाकर बस दुर्घटना में घायल लोगों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को यथासंभव उपचार उपलब्ध करवाने को भी कहा सुभाष ठाकुर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाक्र ने आज बिलासपुर से डेंगू पर प्रहार सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चार सांसद मोबाईल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये सांसद मोबाईल वाहन ज़िले के विभिन्न हिस्सों में अन्य बीमारियों के निरीक्षण के साथ साथ डेंगू रोग पर नियंत्रण पाने का भी काम करेंगे

सांसद अनुराग ठाक्र की ओर से उपलब्ध करवाए गए ये वाहन डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करेंगे और निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करवाने के साथ साथ फॉगिंग की व्यवस्था भी करेंगे